हरियाणा में धान की फर्जी खरीद से बचने और खरीद तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए धान को मंडियों से मिल परिसर तक पहुंचाने का कार्य खाद्य व नागरिक आपूति विभाग और दूसरी खरीद एजेंसियों द्वारा किया जायेगा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क़षि विकास अधिकारियों के खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिये हैं

भारत ने अपने नागरिकों से खाड़ी देश में मौज़दा स्थिति के मद्देनज़र अधिसूचना तक इराक की गैर जरूरी यात्रा न करने को कहा है यात्रा के लिए जारी एडवाईजरी में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इराक में रह रहे भारतीय नागरिकों को ईराक के भीतर यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी गई है मंत्रालय ने कहा कि बगदाद और इरबिल में भारतीय द्रतावास ईराक में रहने वाले भारतीय को सभी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सामान्य रूप् से कम करते रहेंगे हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव पी के दास ने कहा कि धान के स्टॉक को कही ओर ले जाने और धान की फर्जी खरीद से बचने के लिए खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब से धान को मंडियों से मिल परिसर तक पहंचाने का कार्य खाद्यनागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग व अन्य खरीद एजेंसियों दवारा किया जाएगा और धान की ढ़लाई के लिए उपयोग होने वाले ट्रकों को जीपीएस य्क्त किया जाएगा ताकि उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके अतिरिक्त म्ख्य सचिव ने यह जानकारी आज चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए दी

अतिरिक्त म्ख्य सचिव ने बताया कि जिन मिलों के स्टॉक में कमी पाई गई उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा

बिजली और नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने बताया कि जो किसान किसी कारणवंश अपने टयूबवैलो के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाये वे इस योजना मे शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर बकायेदारों की सूची से निकल सकते है

मुख्यमंत्री गुरूग्राम में सेवा क्षेत्र तथा रियल एस्टेट क्षेत्र से सम्बधित हितधारकों के साथ आम बजट से पूर्व परामर्श चर्चा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के आम बजट को तैयार करने के लिए पहली बार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में तीन दिन तक राज्य के सभी विधायकों से अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के उपरांत बजट पेश किया जाएगा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को प्राकृतिक जैविक और बागवानी फसलों की खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने और कृषि विकास अधिकारियों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निदेश दिये है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कृषि मंत्री ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में ये निर्देश दिये मंत्री ने अधिकारियों से खाली पदों पर भर्ती के लिए लंम्बित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर प्रा करने को कहा प्रवक्ता के अन्सार बैठक में बागवानी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने जैविक खेती को बढ़ावा देने और आगामी वित्तवर्ष की कार्ययोजना के बारे में चर्चा की गई श्री दलाल ने अधिकारियों को विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए अलग विंग तैयार करने और फूलों फलोंव सबिज्यों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने को भी कहा मंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों के बच्चों को भी बागवानी कृषि और खादय प्रसंस्करण से सम्बधित प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे विदेशों में जाकर रोज़गार प्राप्त कर सके दस श्रमिक संघों और कई कर्मचारियों संगठनों दवारा आज की गई राष्ट्र व्यापी हड़ताल का पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में मिलाजूला असर देखने को मिला कई जगह से बैंकिंग सेवायें प्रभावित होने के समाचार भी मिले है हड़ताल में शामिल संगठनों द्वारा सिरसा पलवल रोहतक फरीदाबाद सहित कई जगह प्रदर्शन किया गया और बसों को चलाने से रोका गया ये हड़ताली संगठन सरकार पर श्रम कानूनों में कारपोरेट घरानों के हित में बदलाव करने का आरोप लगा रहे है प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिषठानों के निजीकरण स्वास्थ्य शिक्षा बिजली परिवहन बैकिंग और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एवं ठेका प्रणाली पर भर्ती के खिलाफ है सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि हड़ताल का व्यापक असर रहा और रोडवेज की बसे स्चारू रूप से नहीं चली

यम्ना नगर से हमारे संवाददाता के अनुसार हड़ताल का असर न के बराबर रहा सभी बैंक ख्ले रहे रोडवेज़ जन स्वास्थ्य और बिजली सेवा सामान्य रूप जारी रही अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि हड़ताल का मिलाज्ला असर रहा कर्मचरियों ने सरकारी संस्थाओं के आगे धरने दिये रोडवेज़ के महाप्रबंधक गौरी मिटाने ने सभी बस अड़डों का निरीक्षण किया और बसें नियमित रूप से चलती रही

रोडवेज महाप्रबंधक नरेश गर्ग ने बताया कि इनमे छ चालकों और पाचं परिचालक शामिल है उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी पंचक्ला से हमारी संवाददाता ने बताया कि पंचकुला नगर निगम के सभी कच्चे कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हई और ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग की रोहतक से हमारे संवाददाता के अन्सार रोडवेज़ कर्मचारी हड़ताल में शामिल हये लेकिन बसों की आवाजाही पर मिला जुला असर देखने को मिला रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह धनखड़ ने कहा कि उनकी हड़ताल रोडवेज़ के निजीकरण के खिलाफ है

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई

हरियाणा में अम्बाला करनाल और चंडीगढ़ में दिन का तापमान सामान्रू से नीचे दर्ज किया गया है

पहाड़ी इलाकों की बारिश से यम्नानगर जल स्तर में भी वृद्वि हई है हंथनीकंड बैराज पर दोपहर को यमुनानगर का जल स्तर चार हजार चार सौ साठ क्युसिक दर्ज किया गया है जींद में कृषि विभाग के अधिकारियों ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि बरसात से गेहं और सरसों की फसल के लिए अच्छी है यदि ओलावृष्टि नहीं हई जो किसानों को मौसम विभाग ने आज कहीं कहीं गरज के साथ साथ ओलावृष्टि और कल व परसों घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है